भाजपा ने कहा हमारी सरकार की योजनाओं की है नकल

मतदान सोमवार को

घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ और कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के लिए चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है कांग्रेस ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र आज जारी किया

इसके अलावा ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा देने किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी प्रकरण वापस करने दूध उत्पादक किसानों को दुग्ध संघ के माध्यम से पांच रुपए प्रति लीटर बोनस देने का वायदा किया है

अमरकंटक को संरक्षित करने नर्मदा संरक्षण समिति का गठन होगा

युवाओं के लिये वायदे किये गये हैं कि पांच साल तक बेरोजगारों को चार हजार रुपए का भत्ता दिया जायेगा और उद्योगों में एमपी के युवाओं को रोजगार देने वालों को बढ़ावा देंगे

वहीं रायपुर में चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभित शाह ने राज्य को नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराने का वायदा किया है

श्री शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ को आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य से तेज गति से विकास करने वाला राज्य बना दिया है शिवराज बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ वचनपत्र घोषित करती है उन्हें कभी पूरा नहीं करती शनिवार को अनूपपुर और डिडौंरी जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओं का वचन दिया था लेकिन गरीबी नहीं हटी कांग्रेस के इस वचन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरा किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक विज्ञापन चला रही है कि गुस्सा आता है लेकिन यह गुस्सा जनता को नहीं सिर्फ कांग्रेस को आता है क्योंकि कांग्रेस के समय सड़कों का अभाव था

इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है कांग्रेस के वचन पत्र जारी करने पर भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि कांग्रेस का जारी वचनपत्र भाजपा की मौजूदा सरकार की योजनाओं की नकल है वचनपत्र में पचहत्तर फीसदी वही है जो हम पहली से कर रहे है मुख्य न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्यन्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार सेठ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के नये मुख्य न्यायाधीश होंगे इस संबंध राष्ट्रपति भवन से आदेश जारी हो गए उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को सर्वोच्च न्यायालय में जज बनाया गया है

कल रात फांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आरंभ से शांति और अहिंसा का सशक्त पक्षधर रहा है उन्होंने कहा है कि आज एक दूसरे से जुड़े विश्व में केवल आपसी संवाद के जरिये ही प्रगति पथ पर बढ़ा जा सकता है भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय मूल के लोगों ने फांस में सार्वजनिक जीवन के कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता का परिचय दिया है श्री नायडू प्रथम विश्व युद्ध के सौ वर्ष पूरे होने से संबंधित आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे है

सामान्य प्रेक्षक रवि कुमार ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय में नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सक्सेना पावर पाइंट के माध्यम से तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की उन्होंने बताया कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्र मतदान कर्मी और मतदान में उपयोग होने वाली सामग्री सुरक्षा के साथ भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये है इस संबंध में प्रलिस बल और सशस्त्र सुरक्षा बल के अतिरिक्त प्रदेश के बाहर से भी केन्द्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा वहीं हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया कि जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिये नियुक्त सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रैक्षक ने विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक की गयी तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान बताया गया कि विधानसभा वार मतदान केन्द्रों पर समुचित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों और गतिविधियों पर आज भोपाल में बैठक की गयी बैठक में जिले की सभी सात विधानसभाओं के सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक मौजूद रहे जिला निर्वाचन अधिकारी डाक्टर सुदाम खाड़े ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयारियों से अवगत कराया एक अन्य जानकारी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त बैक प्रबंधकों को निर्देश दिये है कि निर्वाचन के दौरान बैंकों द्वारा नगदी के परिवहन के संबंध में भारतीय बैंकों के संघ द्वारा मानक प्रचालन प्रकिया के निर्देशों का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करें उन्होंने बताया कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बाहय स्त्रोत एजेंसियों अथवा कंपनियों की नकदी वैन किसी भी परिस्थिति में उस बैंक के अलावा किसी तृतीय पक्षकार एजेंसी अथवा व्यक्तियों की नकदी नहीं ले जाए शिवराज संवाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रत्याशी सेनापति है और यह सेनापति पार्टी की सामूहिक ताकत का प्रतीक है आज प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से आडियो कान्फ्रेसिंग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रोड मैप बनाएं और उस पर व्यवस्थित तरीके से अमल करें उन्होंने कहा कि हम विचार और सरकार के माध्यम से समाज की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए सत्ता में आना चाहते है इसलिए हम सभी को जुटकर भारी बहुमत से राज्य में चौथी बार सरकार बनाने के कार्य में जुट जाना है छत्तीसगढ चुनाव छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया

शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पूख्ता इंतजाम किये गये हैं सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा सहित अन्य माओवादी प्रभावित इलाकों के अंदरूनी क्षेत्रों के लिए मतदान पार्टियां पूरी सुरक्षा के साथ रवाना कर दी गई है

प्रचार के अंतिम दिन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अभित शाह और कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी सहित कई बडे नेताओं की चुनावी सभाएं हुई कल से प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क करेगे राजनाथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत जांच चौकियों और सीमा प्रबंधन परियोजनाओं की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को लम्बित कार्य जल्दी पूरा करने के निर्देश दिये हैं कल नई दिल्ली में एक बैठक में मौजूदा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया निर्वाचन व्यय भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्टार प्रचारकों के साथ मंच वाहन प्रचार सामग्री साझा करने पर हुए व्यय को अनुपातिक आधार पर अभ्यार्थियों के खाते में जोड़ने के निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश है आगामी दिवसों में स्टार प्रचारकों द्वारा राजनैतिक प्रचार गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों द्वारा जिले में स्टार प्रचारकों की रैली जुलूस आमसभा में मंच साझा करने स्टार प्रचारकों द्वारा मंच से अभ्यार्थियों के नाम की घोषणा उनके पक्ष में प्रचार पोस्टर बैनर साझा करने की जानकारी और निर्वाचन व्यय से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कहा है निलंबन इंदौर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत बरवड़े ने परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षक प्रभू पाटिल को निलंबित कर दिया है एक बैंक के मैनेजर राजा रवि शेखर सिंह को भी सस्पेंड किया है साथ ही इस्लामिया करिमिया सोसायटी की दो सहायक प्राध्यापक के विरूध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी है इन कर्मचारियों ने पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था और इस संबंध में जारी कारण बताओं नोटिस लेने से भी इंकार कर दिया था

प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने भाग लिया प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया

जिले की बडनगर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में वर्तमान विधायक जितेन्द्र पंडया को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया था लेकिन कल नामाकन के अंतिम दिन उनके स्थान पर संजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया इससे नाराज पंडया समर्थको ने प्रदर्शन किया था पुरस्कार मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत मंडल इंदौर को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा

चलित झांकी आगरमालवा जिले में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंजलि जोसफ ने स्वीप के अंतर्गत चलित झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया झांकी के माध्यम से जिला मुख्यालय पर दो दिन तक मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित किया जाएगा

चुनाव मैदान में थर्ड जेंडर से पांच प्रत्याशियों ने नामाकन पत्र दाखिल किये है चुनाव में एक सौ पैतालीस राजनैतिक पार्टियों की ओर से नामाकन पत्र भरे गये है

पहले यह आयोजन चौदह नवम्बर से होना था जनजाति कला नृत्य संगीत और साहित्य पर केन्द्रित इस महोत्सव में जनजाति भाषा और साहित्य पर शोधपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे महोत्सव में देशभर से एक सौ तीस जनजाति विशेषज्ञ शामिल होंगे

लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिये हैं एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता अठहत्तर बच्चे शामिल होंगे इस उत्सव के तहत राजधानी के शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या विद्यालय और सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय में पेण्टिंग एकल नृत्य सुगम संगीत और गायन स्पर्धायें आयोजित की जायेंगी इनमें विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कला उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा मौसम कश्मीर में हो रही बर्फवारी का असर पूरे प्रदेश में दिखने लगा है प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है सर्द हवा के चलने से राजधानी भोपाल के तापमान में करीब तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है यहां का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो कल के मुकाबले एक दशमलव सात डिग्री सेल्सियस कम रहा वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है यह तापमान शून्य दशमलव पांच सेल्सियस कम हुआ है जो सामान्य से एक दशमलव दो डिग्री सेल्सियस कम है मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले चौबीस घण्टों में सर्दी और बढ़ सकती है